उन्हॉने कहा कि भारत किसी आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाता श्री मोदी आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जुगनॉथ के साथ पोर्ट लुइस में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मॉरीशस के सुप्रीम कोर्ट के नये भवन के संयुक्त रूप से उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे इस मैके पर दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कोविड नाइन्टीन से कारगर तरीके से निपटने और इस द्वीप देश में महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों के लिए वहां के निवासियों और सरकार को श्मकामनाएं दीं श्री मोदी ने मॉरीशस के साथ भारत की विशेष मित्रता का उल्लेख करते हए कहा कि इसकी जड़ें हमारे सांस्कृतिक संबयों के रूप में बहत गहरे समाई हई हैं मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द ज्गनॉथ ने सुप्रीम कोर्ट के नवनिर्मित भवन के उदघाटन के बाद कहा कि भारत ने मारीशस के विकास संबंधी लल्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरीशस संबंधों में और मजबूती आयी है और ये नये स्तर पर पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि मॉरीशस अपने यहां विकास परियोजनाओं को पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के लिए आभारी है उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन से प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए उन्होंने जनपदों में इसके लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश देते हए कहा कि पच्चीस लाख से कम जनसंख्या वाले जनपदों में तीन करोड़ रुपए तथा पच्चीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों को पांच करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर कोविड नाइन्टीन की उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस धनराशि का व्यय जिलाविकारी मुख्य विकित्साधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की कमेटी की संस्तृति पर किया जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समी कोविड अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध होने चाहिए उन्होंने चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सहित सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं गृह मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं अनलॉक तीन के तहत पहली अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रात्रि में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा पांच अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा स्वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हए मनाया जा सकता है स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाए इकत्तीस अगस्त तक बंद रहेंगी मेट्रो रेल सिनेमा हॉल तरणताल मनोरंजन पार्क थियेटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा कोविड नाइन्टीन महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या दस लाख से अधिक हो गई जो एक बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कल दस लाख बीस हजार पांच सौ बयासी लोग इलाज के बाद ठीक हए हैं जिनमें से बत्तीस हजार पांच सौ तिरपन लोग पिछले चौबीस घंटों में स्वस्थ हुए इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौसठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गयी है कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्रीय मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव दो शून्य प्रतिशत हो गयी है श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी राम भक्तों से भूमि पूजन के अवसर पर अयोध्या पहुंचने के लिए आतुर न होने का आग्रह किया है ट्रस्ट ने भूमिपूजन का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण घर से ही देखने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच अगस्त को मंदिर निर्माण के भुमिपुजन समारोह में भाग लेंगे अमरीका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पांच अगस्त को भगवान श्रीराम की छवि और अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के डिजायन की थ्री डी इमेज विशालकाय बोर्ड पर दिखाई जाएगी अयोध्या में इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे आयोजकों ने इसे अपनी तरह का अनुठा और ऐतिहासिक आयोजन वताया है अनरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष और जाने माने नेता जगदीश साहनी ने बताया कि न्यूयॉर्क में इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए इतजाम किए जा रहे हैं यह कार्यक्रम सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक चलेगा इसमें दिखाए गए चित्रों में हिन्दी और अंग्रेजी में जय श्रीराम लिखा होगा मंदिर के डिजायन की थ्री डी इमेज भगवान राम के चित्र और भूमि पूजन के समय रखी जाने वाली शिला के चित्र भी दिखाए जाएंगे